इससे पहले कल श्री चौहान ने उज्जैन जिले के तराना में नर्मदा क्षिप्रा बहउद्देश्यीय उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया

योजना में नर्मदा गंभीर कालीसिंध पार्वती नदियों को जोड़ा जा रहा है राहल गांधी दौरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकार से आम जनता का विश्वास उठ गया है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में मध्यप्रदेश नंबर वन बन गया है श्री गांधी ने आज चित्रकूट से संकल्प यात्रा की शुरूआत करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी और जीएसटी को अपने सही स्वरूप में लेकर आयेगी राहल गांधी सतना और रीवा के दो दिवसीय प्रवास पर हैं इस दौरान श्री गांधी रीवा और सतना में रोड शो और जनसभा करेंगे संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता शामिल हो रहे हैं श्री गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किये गये हैं

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इसे गैर संवैधानिक करार दिया हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि विवाहेत्तर संबंध सामाजिक दृष्टि से गलत और तलाक का आधार हो सकते हैं लेकिन यह दण्डनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं ट्रेन सौगात लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आज अजमेर से चित्तौड़गढ़ रतलाम होते हुए बड़ौदरा और पुणे के रास्ते रामेश्वरम जाने वाली विशेष ट्रेन का शुभारंभ करेंगी इसके साथ ही इन्दौर से धार तक डाली गई रेलवे लाइन के बीच तीन किलोमीटर की टनल और महू में बनाई गई रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया जायेगा

इस अवसर पर उनके सम्मान में सौ रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया जायेगा इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर सेमीनार कार्यशाला व्याख्यानमाला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा इन आयोजनों के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है आयात शुल्क केन्द्र सरकार ने गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने के उद्देश्य से विमान ईंधन एसी और रेफ्रिजरेटर समेत उन्नीस वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है नई दरें आधी रात से लागू हो गई हैं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बढ़ रहे चालू खाता घाटा और पूंजी बाहर जाने से रोकने के सरकार के पांच सुत्रीय उपायों के तहत यह कदम उठाया गया है

इसके अलावा ज़ेवरात किचन और कुछ प्लास्टिक के सामान और सूटकेस पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है

इस दौरान जिले में मतदाता जागरुकता गतिविधियों को बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिये